उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सुविधा का लाभ उठाने के चलते प्रदेश पर कर्जो का बोझ नहीं बढ़ा उन्होंने कहा कि कोविड काल में राजस्व प्राप्तियां प्रभावित हुईं इसके बावजूद प्रदेश के हर वर्ग को सरकार ने राहत दी और अब हम आर्थिक मंदी की दौर से बाहर निकलने लगे हैं

प्रश्नकाल के दौरान विधायक आशा कुमारी द्वारा प्रछे गए सवाल का लिखित जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने ये जानकारी दी

उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा उन्होंने कहा कि आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों को पंप ऑपरेटर फिटर बेलदार डाटा ऑपरेटर और इलेक्ट्रिशियन के पद पर रखा जाएगा प्वाइंट ऑफ आर्डर विधानसभा परिसर में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ कांग्रेस विधायकों द्वारा की गई धक्का मुक्की के मुद्दे पर आज भी सदन में हंगामा हुआ विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित पांच विधायकों को पूरे बजट संत्र के लिए निलंबत करने के मुददे को सदन की बैठक आरंभ होते ही कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्वाइंट ऑफ आर्डर के माध्यम से उठाया सुक्खू ने राज्यपाल के साथ घटित घटनाक्रम के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया और कांग्रेस विधायकों को निर्दोष करार देते हुए उनका निलंबन वापिस करने की मांग की इसी मुद्दे पर कांग्रेस विधायक आशा कमारी ने कहा कि कांग्रेस के किसी भी विधायक ने राज्यपाल के साथ धक्का मुक्की नहीं की उन्होंने कहा कि इसकी सही तस्वीर जानने के लिए घटना के सभी वीडियो और फोटो सदन में दिखाए जाएं इसी मुद्दे पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने सरकार का पक्ष रखा उन्होंने सभी कांग्रेस विधायकों से राज्यपाले से बिना शर्त माफी मांगने को कहा मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है चाहे ैवह विपक्ष के सदस्य हो या सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके तमाम मंत्रिमण्डल और विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल से माफी मांगी है हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज सदन में उनके साथ कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई करने की विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है